प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि समाप्त

कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे

अब तक सात सौ चौवन लोगों की मृत्यु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आज

राज्य में आज से केन्द्र सरकार के अनलॉक के चौथे चरण के दिशा निर्देश लागू हो गये हैं बिहार सरकार की ओर से सोलह अगस्त से छह सितम्बर तक शहरी इलाकों में लागू लॉकडान की अवधि समाप्त हो गयी है लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है गृह मंत्रालय के अनलॉक चार की गाईडलाईन के अनुसार राज्य सरकार अब अपने स्तर से लॉकडाउन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती है अगर राज्य सरकार लॉकडाउन से संबंधित कोई कदम उठाना चाहेगी तो उसे केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होगी इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के आने जाने और सामान लाने तथा ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेंगे वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों को इक्कीस सितम्बर से स्कूल जाने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिर्वाय होगी वहीं सिनेमा हॉल स्वीमिंग पूल मंनोरंजन पार्क और थियेटर अभी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी तीस सितम्बर तक बंद रहेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार सात सौ संतानवे नये मामलों की प्रष्टि हई है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार नौ सौ चौबीस लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने की दर अठासी दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से करीब ग्यारह प्रतिशत अधिक है राज्य में अब तक एक लाख तीस हजार तीन सौ लोग कोविड उन्नीस संक्रमण को मात दे चुके हैं वर्तमान में राज्य में कोरोना के सोलह हजार छह सौ तीन एक्टिव मरीज हैं अब तक कूल चालीस लाख बाईस हजार सात सौ छियासठ सैंपल की जांच हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बेगूसराय भागलपूर भोजपूर और मध्बनी में एक एक संक्रमित की मौत हुई है जिससे राज्य में अबतक संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात सौ चौंवन हो गई है कोविड के स्वदेशी टीके को वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण आज से शुरू होगा इस चरण के परीक्षण का नतीजा दो माह बाद मिलेगा भारत बायोटेक की ओर से विकसित इस टीके के पहले चरण में तीन सौ पचहत्तर मरीजों पर परीक्षण किया गया था दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है बाईट ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढ़के रखना अति आवश्यक है अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अध्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ हॉगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विज़्अल प्रिंट मीडिया में और समी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले कोविड लॉकडाउन के मुश्किल दौर में भी ब्यूरो ऑफ फार्मा पी एस यू ऑफ इंडिया बीपीपीआई ने शानदार बिक्री की है बीपीपीआई प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की पहली तिमाही में एजेंसी का कारोबार एक सौ छियालीस दशमलव पांच नौ करोड़ रुपये रहा है जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कुल कारोबार पचहत्तर दशमलव चार आठ करोड़ रुपये रहा ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाइट जन औषधि केंद्र लॉकडाउन केदौरान पूरी तरह से खुले रहे और आवश्यक दवाओं कीआपूर्ति सुनिश्चित की

ये दवाईयां खुली निविदा केजरिए डब्ल्यू एच ओ जीएमपी से मान्यता प्राप्त विनिर्माणकर्ताओंसे ही खरीदी जाती हैं

अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि विमान सेवा प्रदाता कंपनियां लॉकडाउन के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि वापस करेंगी इस वर्ष पच्चीस मार्च से तीन मई के बीच खरीदे गए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टिकटों पर यह नियम लागू होगा उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि वापसी करने से संबंधित एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था केन्द्र सरकार ने यह भी कहा है कि यदि विमान सेवा प्रदाता कंपनियां पूरी धनराशि वापस नहीं करती हैं तो यात्री इसी धनराशि से अगले वर्ष इकतीस मार्च तक किसी भी स्थान के लिए टिकट ले सकते हैं और इसे किसी अन्य व्यक्ति को भी हस्तांतरित किया जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा के परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की भूमिका सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी शामिल होंगे नयी शिक्षा नीति इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसकी घोषणा शिक्षा नीति उन्नीस सौ छियासी के चौंतीस वर्ष बाद की की गई है इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे विधानसभा चूनाव को लेकर प्रदेश में चूनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है च्रनाव आयोग आज और कल सभी जिलाधिकारियों निर्वाची पदाधिकारियों निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चूनाव के तैयारियों की समीक्षा करेगा इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और चूनाव प्रभारी देवेंद्र फडनवीस विधानसभा चूनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये पटना आयेंगे जदयू के अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वर्च्अल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इधर कांग्रेस पार्टी का बिहार क्रांति वर्चअल महासम्मेलन आज से पश्चिम चम्पारण जिले से शुरू हो रहा है वहीं आज लोजपा संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक बुलाई गयी है इसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की जायेगी प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम में अचानक बदलाव हुआ है राजधानी पटना और इसके आस पास के क्षेत्रों में अहले सुबह तेज बारिश हुई जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है दरभंगा मुजफ्फरपुर पश्चिम चम्पारण गोपालगंज सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेज बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में स्थानीय कारणों से बारिश हो रही है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर पड़ गया है वहीं पटना के मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है इसके लिए प्रारंभिक काम शुरू हो गया है निदेशक ने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी और समय पर राज्य तथा केन्द्र सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकेगी पटना के गांधी मैदान में सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेरह को हये सीरियल बम बलास्ट मामले की वर्चअल सुनवाई आज से शुरू हो रही है इस मामले में जेल में बंद दस आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा रेल सुरक्षा बल की निगरानी टीम ने सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ बाजार से अवैध ई टिकट कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पूलिस ने बताया कि यूवक वर्ष दो हजार अठारह से ही अवैध ई टिकट का कारोबार कर रहा था वह अबतक लगभग एक करोड रुपये के अवैध ई टिकट बेच चूका है उसके पास से कई जाली ई टिकट सोलह हजार रुपए नकद दो मॉनिटर दो सीपीयू तीन लैपटॉप एक स्कैनर दो लेजर प्रिंटर और दो मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर जिले में आरपीएफ ने गायघाट थाने के रामनगर से उनहत्तर ई रेल टिकट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पटना जिले के बाढ अनुमंडल के भदौर थाना अन्तर्गत महाने नदी में ड्बने से एक महिला और उसके तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं इसी जिले के बख्तियारपूर में गंगा नदी में नहाने के दौरान दो सगी बहनों की डूबने से मौत हो गयी नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रक में एक एम्ब्रलेंस ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं मृतकों में सभी एक ही परिवार के हैं पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने एक तस्कर को चार किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है जब्त गांजा की कीमत एक लाख साठ हजार रुपये बतायी जाती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने कोरोना महामारी पर शीर्षक दिया है भारत बना द्रसरा सर्वाधिक संक्रमित देश अखबार ने एसबीआई करीब तीस हजार कर्मियों को देगा वीआरएस की खबर को भी प्रमुखता दी है हिन्द्रस्तान ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जांच को प्रमुख खबर बनाया है अखबार की सुर्खी है रिया से एनसीबी की छह घंटे प्रछताछ आज फिर ब्रलाया प्रभात खबर ने आईपीएल के कार्यक्रम जारी होने पर सुर्खी दी है पहला मूकाबला मूम्बई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है केन्द्र का प्रस्ताव लॉकडाउन के दौरान ब्रुक एयर टिकटों का पूरा पैसा होगा रिफंड आज अखबार ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का निर्धारण करने वाले मुकदमे के याचिकाकर्ता के निधन को बड़ी खबर बनाया है अखबार लिखता है केशवानंद भारती नहीं रहे राष्ट्रीय सहारा ने पटना में एक जर्जर इमारत के ढह जाने की खबर को प्रमूखता से प्रकाशित किया है अखबर की सुर्खी है अल्बर्ट एक्का भवन गिरा बच्चे की मौत चार घायल

अनलॉक के चौथे चरण के प्रावधान लागू कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे

अब तक सात सौ चौवन लोगों की मृत्यु राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आज